मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से घरों से बाहर न निकलने और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने को कहा वित्त वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि तीस जून तक बढायी गई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल शाम राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में रात बारह बजे के बाद पूरे देश में लॉकडाउन करने की घोषणा की उन्होंने कहा कि यह एक तरह से जनता कर्फ्यू की तरह ही होगा लेकिन इसमें पूरी सख्ती बरती जाएगी हिन्दुस्तान को बचाने के लिए हिन्दुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए आपको बचाने के लिए आपके परिवार को बचाने के लिए रात बारह बर्ज से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबन्दी लगाई जा रही है देश के हर राज्य को हर केन्द्र सासित प्रदेश को हर जिले हर गांव हर गली हर मुहल्ले को वर लॉकडाउन किया जा रहा है एक तरह से कर्फ्यू ही है जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात जनता कर्फ्यू से कुछ ज्यादा सख्त कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए अब बहुत आवश्यक है प्रधानमंत्री ने अगले इक्कीस दिनों को देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने के लिए कम से कम इक्कीस दिनों की जरूरत होती है प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग इक्कीस दिनों की परीक्षा की इस घड़ी में घरों से बाहर न निकलें देश में यह लॉकडाउन इक्कीस दिन का होगा तीन सप्ताह का होगा जब मेरी पिछली बार आपसे बात हुई थी तक मैने आपसे कहा था कि मै आपसे कुछ सप्ताह मांगने आया हूं आने वाले इक्कीस दिन हर नागरिक के लिए परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हेत्य एक्सपर्ट की माने तो कोरोना वायसस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम इक्कीस दिन का समय बहुत अहम है अगर ये इक्कीस दिन नहीं संगले तो देश और आपका परिवार इक्कीस साल पीछे चला जाएगा अगर ये इक्कीस दिन नहीं संगलें तो कई परिवार हमेसा हमेसा के लिए तबाह हो जाएंगे और मै ये बात एक प्रषानपंत्री के तौर पर नहीं आपके परिवार के सदस्य के तौर पर कह रहा हूं इसलिए बाहर निकलना क्या होता है ये इन इक्कीस दिनों के लिए भूल जाइये श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव का एकमात्र तरीका सोशल डिस्टेसिंग यानी एक दूसरे से मिलते समय करीब एक मीटर की दूरी बनाए रखना है और इस नियम का पालन करना बहत जरूरी है प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर इसमें कोताही बरती गई तो देश को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है इस वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एक मात्र विकल्प है सोशल डिस्टेन्सिंग सोशल डिस्टेन्सिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना अपने घरो में ही बन्द रहना कोरोना र्स बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कोई रास्ता नहीं है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना का मतलब है कोई भी रोड पर न निकले और इस नियम का पालन हम सभी को करना चाहिए उन्होंने कहा कि अगर हम इक्कीस दिन तक संयम नहीं बरत पाए तो हम इक्कीस साल पीछे धकेल दिए जाएंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस आग की तरह तेजी से फैलने वाली बीमारी है दृनिया के अनेक देशों के अनुभव का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं वाले देशों को भी कोरोना से निपटने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे र्म हमें उनके अनुषवों से फायदा उठाते हुए अपनी पूरी तैयारी करनी होगी उन्होंने कहा कि कुछ देशों ने जिस तरह से इस बीमारी पर काबू पाया है वो हमारे लिए एक मिसाल होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें कोविड नाइन्टीन के फैलाव की श्रृंखला को तोड़कर इस बीमारी से निपटना होगा श्री मोदी ने कहा कि हमें पूरी तैयारी करनी होगी और सोशल डिस्टेन्सिंग यानी सामाजिक दूरी के नियम का कड़ाई से पालन करना होगा उन्होंने बीमारी से निपटने में चिकित्साकर्मियों पुलिसकर्मियों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की सराहना की उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार आम लोगों की परेशानियों को दूर करने का हरसंभव प्रयास करेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अगले इक्कीस दिनों तक अपने घरों में रहने और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने को कहा है अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग अपने घर के दरवाजे को लक्ष्मण रेखा समझें और बाहर न निकलें कोरोना महामारी को मानव सभ्यता के लिए बड़ा संकट बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर ही इससे निपट सकते हैं श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करेगी उन्होंने कहा कि लोगों को उनके द्वार पर ही आवश्यक सामान उपलब्ध कराया जाएगा श्री योगी ने कहा कि इसके लिए प्रदेश के दस हजार पुलिस वाहनों और एक एक दो आपात सेवा की चार हजार पांच सौ पीआरवी की मदद ली जाएगी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आकाशवाणी के माध्यम से लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और अनावश्यक रूप से सामान खरीदने के लिए बाजार न जाए उन्होंने कहा कि सरकार पर्याप्त व्यवस्था कर रही है और फल सब्जियों जैसी सभी जरूरी वस्तुएं लोगों तक पहुंचाने का इंतजाम किया जाएगा प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि लोगों को अब तक जिस दाम पर बाजार में सामान मिल रहा था सरकार उसी दाम पर उनके घर तक सामान पहुंचाएगी उन्होंने कालाबाजारी करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नागरिकों और व्यापार जगत को राहत देने वाले कई उपायों की घोषणा की जिनमें नियमों का पालन करने और नियामक मापदंडों में ढील दी गई है नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में वित्तमंत्री ने घोषणा की कि वित्त वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तिथि आगे बढ़ाकर तीस जुन कर दी गई है उन्होंने कहा कि आयकर देने में देरी पर लगने वाला व्याज दर बारह प्रतिशत से घटाकर नौ प्रतिशत कर दिया गया है उन्होंने कहा कि टीडी एस जमा करने में देरी पर नौ प्रतिशत व्याज दर लगेगा श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ने और विवाद से विश्वास योजना की अवधि भी तीस जून तक बढ़ा दी गई है उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं उन्हें अतिरिक्त दस प्रतिशत अब नहीं देना पड़ेगा लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि अगले तीन महीनों के दौरान लोग बिना शुल्क दिये किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपने डेबिट कार्ड के द्वारा पैसा निकाल सकते हैं सरकार ने न्यूनतम बकाया अनिवार्य राशि को भी रद्द कर दिया है अयोध्या में रामलला विराजमान आज अस्थायी टेन्ट से फाइबर के बने नए अस्थायी आसन पर पहुंचाए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में आज तड़के चार बजे अयोध्या में रामलला विराजमान को अस्थायी आसन तक पहुंचाने का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ लॉकडाउन के कारण आज होने वाले भव्य समारोह को स्थगित कर दिया गया था इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सीमित लोग ही उपस्थित रहे मंदिर निर्माण के पूरा होने की अवधि तक रामलला फाइबर से बने इसी अस्थायी आसन पर विराजमान रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण के लिए ग्यारह लाख रूपये का चेक भी सौंपा वासंतिक नवरात्र आज शुरू हो गया है श्रद्वालु अपने अपने घरो में माँ भगवती की पूजा अर्चना कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और धर्माचार्यो ने कोरोना की भयावहता को देखते हुए लोगों से घर में ही पूजा पाठ करने की अपील की है